स्मृति दिवस पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आज देशभर में कार्यकमों का आयोजन कर शहीदों को याद किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मारक आजादी के बाद से पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि सजग पुलिस बलों ने देश को अस्थिर करने और भय तथा असुरक्षा का माहौल फैलाने की साजिश करने वालों को विफल कर दिया है वही राजधानी भोपाल के लालपरेड मैदान पर आयोजित प्रलिस स्मृति दिवस परेड के मौके पर मुख्य सचिव बीपीसिंह ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज कहा कि पुलिस प्रशासन और समाज वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों के परिजनों के साथ है

छतरपुर में भी शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया शिवपुरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दूर संचार वाहिनी में शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये गये डिंडोरीसागरनीमचशाजापुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी पुलिस स्मृति दिवस मनाये जाने के समाचार मिले है

इस मौके पर आजाद हिन्द सरकार की स्मृति में एक विशेष पट्टिका का अनावरण भी किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एकमात्र उददेश्य भारत की आजादी था श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर है लेकिन उसे अब नई उंचाईयों को छूना है

समुद्व मप्र प्रदेश भाजपा इकाई ने आज से समृद्ध मध्यप्रदेश अभियान शुरू कर लोगों से प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिये सुझाव मांगे है भोपाल में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में इस अभियान से जुडे पचास रथों को रवाना किया यह रथ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर आम लोगों विशेषकर युवाओं से समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के संबंध में सुझाव लेंगे वहीं कांग्रेस ने इस अभियान के खिलाफ आचार सहिता के उल्लंघन को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है

वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भाजपा के समृद्ध मध्यप्रदेश अभियान को राज्य की जनता को एक बार फिर ठगने का अभियान बताया है आयोडीन दिवस विश्व आयोडीन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में भी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस मौके पर आयोडीन की कमी दूर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया किया जा रहा है और इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जा रहा है

इन न्यायालयों में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडीय अपराधों की सुनवाई की जाती है फर्जी नाम में लेन देन को बेनामी लेन देन कहा जाता है अगर मालिक को संपत्ति की मिलकियत के बारे में जानकारी नही हो या जिस संपत्ति के लिये कोई व्यक्ति रकम दे रहा है उसके मालिक का पता नही चल रहा है तो ऐसे संपत्तियों को भी बेनामी लेन देन की संपत्ति कहा जाता है

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं मतदान जागरूकता विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढाने के लिये प्रशासन के साथ शासकीय महिला अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मुरैना में इन दिनों पिंक सप्ताह मनाया जा रहा है इसी कम में आज शहर में पिंकाथौन का आयोजन किया गया हजारों की संख्या में महिलाओं ने जागरूकता रैली निकालकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये मतदान करने की शपथ ली वहीं सागर में मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढाने के लिये आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया इसके माध्यम से अधिक से अधिक मतदान के लिये लोगों को जागरूक किया गया निर्वाचन आयोग राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉग रूम का निर्माण कराया जा रहा है

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिलों में इसके लिये जमीन आवंटन कर दिया गया है और कई जिलों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है

इसकी स्थापना से पीड़ित व्यक्ति अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एएआर के आदेशों के खिलाफ अपील कर सकेगें कानून के अनुसार सभी राज्यों को कम से कम एक एएआर स्थापित करना अनिवार्य है ताकि जीएसटी के बारे में अग्रिम आदेश प्राप्त कर सकें पैथालाजी जांच भिंड जिला अस्पताल में जनवरी माह से पैथालॉजी जांच पूरी तरह से आधुनिक मशीनों की मदद से की जायेगी अस्पताल में जांचों की गुणवत्ता सुधारने के लिये सेंट्रल पैथालॉजी लैब को विकसित करने का काम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जा रहा है सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्रा ने आज बताया कि आधुनिक आटोमेटिक मशीनों के द्वारा जांच होने से गुणवत्ता बेहतर होगी मरीजों की जांच रिपोर्ट को ऑनलाइन भी किया जायेगा मौसम पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के सागर और होशंगाबाद संभागों में कही कही बारिश दर्ज की गयी

पिछले चौबीस घंटों में अधिकतम तापमानों में सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नही हुआ